सरकारी और निजी अस्पतालों को चौबीस घंटे टीकाकरण की दी अनुमति केन्द्र सरकार ने कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी

इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन ब्रलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस प्रयोजन के लिए एक अभियान की तरह लागू किया जाएगा श्री मोदी शिक्षा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में किये गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भाषा के विद्वानों और विशेषज्ञों को देश में उत्कृष्ट विषय वस्तु भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं में आत्मविश्वास का संचार पैदा करेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे सभी क्षेत्रों में सामग्री भारतीय भाषाओं में तैयार की जानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि ग्रामीण और गरीब व्यक्ति जो स्थानीय भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं जानते हैं उनमें भी प्रतिभा के धनी लोगों की कमी नहीं है श्री मोदी ने कहा कि ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है कि भाषाई बाधाओं के कारण प्रतिभा के विकास में कोई रूकावट न आये उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमाओं में बांधना राष्ट्र के साथ अन्याय है

प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई अब मातृभाषा में होगी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रारंभिक विद्यालयों में मैथिली भोजपुरी वज्जिका अंगिका और मगही समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी श्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने की वकालत की थी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की घोषणा महान आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर की जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला राष्ट्रपिता और रेणु जी को समर्पित है केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और चौबीसों घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पताल किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी उन्होंने कहा कि लचीली समय सीमा टीकाकरण स्थलों पर भीड़ को कम करेगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का फैसला किया गया है सरकार ने उन निजी अस्पतालों को भी अनुमति दी है जो इन योजनाओं के तहत पैनल में शामिल नहीं हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकों का पर्याप्त स्टॉक है और केन्द्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक खुराक उपलब्ध कराएगी

इसमें पांच लाख अस्सी हजार दो सौ बयासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि एक लाख चार हजार नौ सौ तेरह लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगों से पीड़ित पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण का काम भी जारी है लोग कोविन डॉट जीओवी डॉट इन और आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण करवा सकते हैं इसके अलावा सभी टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन करवाया जा सकता है निबंधन के लिए आधार कार्ड या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र और मोबाईल नम्बर जरूरी है निबंधन के बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी केन्द्र का चुनाव कर सकते हैं एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है

इस परीक्षण में इक्कीस स्थानों से पच्चीस हजार आठ सौ लोगों ने भाग लिया यह टीका भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार सात सौ सैंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत है

पिछले चौबीस घंटों में तेरह जिलों से कोविड के इकतीस नये मामले भी दर्ज किये गये सबसे अधिक सात मामले पटना से सामने आये हैं नवादा से छह मामलों की पुष्टि हुई है केन्द्र सरकार ने कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दे दी है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने विधान परिषद में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय ने योजना के निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है साथ ही योजना के सभी अवयवों को उपयुक्त पाया है उन्होंने बताया कि चार हजार नौ सौ करोड़ रूपये की इस परियोजना का नब्बे प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी जबकि दस प्रतिशत खर्च राज्य सरकार को करना होगा श्री झा ने बताया कि नदियों के अध्ययन के लिए सूपौल के वीरपूर में फिजिकल मॉडल सेंटर की स्थापना की जायेगी उन्होंने बताया कि इस केन्द्र में नदियों के व्यवहार का अध्ययन होगा यह महाराष्ट्र के पुणे के बाद देश का अपनी तरह का दूसरा केन्द्र होगा राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में दस चरणों में पंचायत चुनाव कराने की योजना पर विचार कर रहा है आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि इस संबंध में प्रस्तावित कार्यक्रम सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिया गया है पहले से आठवें चरण तक हर प्रमंडल के एक जिले में जबकि नौवें और दसवें चरण में हर प्रमंडल में एक से अधिक जिले में चुनाव होना प्रस्तावित है प्रदेश के आठ जिला और सदर अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सेवा का शुभारंभ किया सिटी स्कैन की सुविधा पीपीपी मोड पर शुरू हुई है जिसके लिए लोगों को निर्धारित शुल्क देना होगा जिन अस्पतालों में यह सुविधा शुरू हुई है उनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मधेपुरा सदर अस्पताल नालंदा समस्तीपुर भागलपुर मुंगेर मधुबनी भोजपुर और रोहतास शामिल हैं समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इकतीस मार्च से सभी सदर अस्पतालों में लोगों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य दोषी ब्रजेश ठाकुर की एक और संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने अपने कब्जे में लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने दिल्ली के पालम में बने एक तीन मंजिला मकान को जब्त किया है यह मकान उसके एक पारिवारिक सदस्य के नाम पर है ईडी पूर्व में भी ब्रजेश ठाकुर की कई संपत्तियों को जब्त कर चुका है महान आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की आज शताब्दी जयंती है उनका जन्म आज ही के दिन सन् उन्नीस सौ इक्कीस में अररिया जिले के औराही हिंगना में हुआ था इस अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ग्यारह देशों के साहित्यकार भाग लेंगे साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है रेणु जी की रचनाओं में लोक जीवन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों का अद्भूत चित्रण है उनकी कई रचनाओं पर फिल्में भी बन चुकी हैं मारे गये गूलफाम की पृष्ठभूमि पर आधारित तीसरी कसम नाम से बनी फिल्म काफी लोकप्रिय हई थी बहमूखी प्रतिभा के धनी फणीश्वरनाथ रेणू लेखक और उपन्यासकार के साथ साथ एक गायक संस्कृतिकर्मी और नाटककार भी थे पूर्णिया जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर अस्सी लाख रूपये मूल्य के मादक पदार्थ स्मैक के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले के मरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहो गांव के पास एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गयी इस हादसे में बस पलट गया जिससे बारह यात्री भी घायल हुए हैं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 हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को प्रमुखता देते हुए लिखा है सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोरोना संक्रमण दर के मामले में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब बिहार की सबसे बेहतर प्रभात खबर ने लिखा है बेऊर जेल में पूर्व मंत्री विजय कृष्ण के सेल से मिला सिमकार्ड एफआईआर दर्ज दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है शराब माफिया को दिलायें सजा दैनिक आज ने राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार के हवाले से लिखा है गरीब सवर्णों को भी वास भूमि देने पर विचार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कोरोना वैक्सीन लेने की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है

सरकारी और निजी अस्पतालों को चौबीस घंटे टीकाकरण की दी अनुमति केन्द्र सरकार ने कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी

और महान आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की आज शताब्दी जयंती है